मेड इन इंडिया दो वैक्सीन को बताया नये साल की बड़ी उपलब्धि केन्द्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज अगले दौर की वार्ता नई दिल्ली में होगी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

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुणवत्ता और विश्वसनीयता ब्रांड इंडिया के आधार स्तंभ होने चाहिए

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय परमाणु समयमापक और भारतीय निर्देशक द्रव्य को भी राष्ट्र को समर्पित किया और राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला की आधारशिला रखी नेशनल परमाणु समय मापक भारतीय मानक समय को दो दशमलव आठ नैनोसेकंड की सटीकता के साथ दर्शाता है भारतीय निर्देशक द्रव्य का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रयोगशालों को गुणवत्ता आश्वासन उपलब्ध कराना है राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला औद्योगिक उत्सर्जन निगरानी उपकरणों के प्रमाणीकरण में आत्मनिर्भरता हासिल करने में सहायता करेगी

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सामने आज नई चुनौतियां और लक्ष्य हैं उन्होंने कहा कि देश को आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए नए मानक विकसित करने होंगे

इस अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉहर्षवर्धन और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक शेखर मंडे भी उपस्थित थे

बैठक के दौरान कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं को आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करने के प्रति वचनबद्व है और दोनों पक्षों को सद्भावपूर्ण हल के लिए आगे आने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि बैठक में चार मुद्दों में से दो पर सहमित हो गई है श्री तोमर ने कहा कि पहला मुद्दा पर्यावरण से संबंधी अध्यादेश लाने और दूसरा मुद्दा बिजली अधिनियम से संबंधित था कृषि कानूनों को रद्द करने की किसान संगठनों की मांग के बारे में कृषि मंत्री श्री तोमर ने कहा था कि यह मुद्दा भी एक समिति को सौंपा जा सकता है जो इसकी संवैधानिक वैधता और किसानों के कल्याण में इसे बनाये रखने पर विचार करेगी कृषि मंत्री ने किसान नेताओं से कहा था कि वे अपने प्रस्ताव सामने लायें जिन पर सरकार अध्ययन और विचार विमर्श के बाद निर्णय ले सकती है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के टीके से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में बार बार पूछे जाने वाले सवालों की एक श्रृंखला जारी की है मंत्रालय ने कहा कि टीके की सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न चरणों में इसके परीक्षण किये गए प्रारंभिक चरण में उच्चतर जोखिम वाले चुने हुए वरीयता समूहों को टीका प्रदान किया जाएगा टीका पाने वाले प्रथम वरीयता समूह में स्वास्थ्य र्सवा कर्मचारी और अंग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता शामिल होंगे दूसरे समूह में पचास वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति और विभिन्न बीमारियों से पीडित पचास वर्ष से कम आयु के व्यक्ति शामिल होंगे मंत्रालय ने कहा है कि कोविड का टीका स्वैच्छिक होगा परन्तु यह सलाह दी गई है कि इस महामारी से रक्षा के लिए लोगों को कोविड टीके की पूरी डोज लेनी चाहिए इससे परिवार के सदस्यों मित्रों संबंधियों और साथ काम करने वालों को वायरस के संक्रमण से बचाने में मदद मिलेगी

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं

इनमें एक हजार छह सौ एक सक्रिय केस हैं जबकि एक लाख बारह हजार आठ सौ तिरानबे मरीज ठीक हए हैं अब तक राज्य में एक हजार पैंतीस लोगों की मौत कोरोना से हई है झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट सनतानबे दशमलव सात एक प्रतिशत है अबतक अड़तालीस लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की चुकी है

चिकित्सा विशेषज्ञों ने देश में आपात उपयोग के लिए कोरोना वायरस से निपटने की दो वैक्सीन को सरकार की मंजूरी का स्वागत किया है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप सिंह गुलेरिया ने स्वदेशी टीका बनाने में भारतीय प्रयोगशालाओं के कार्य की सराहना की है उन्होंने कहा कि देश में अनुसंधान किया गया और यह प्री तरह भारतीय वैक्सीन है डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि ये वैक्सीन किफायती और उपयोग करने में आसान है क्योंकि इन्हें दो से आठ डिग्री सेल्सियस तापमान में रखा जा सकता है

यह आयोजन वन नेशन वन गैस ग्रिड की दिशा में महत्पूर्व कदम है चार सौ पचास किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन का निर्माण गेल इंडिया लिमिटेड ने किया है इसकी परिवहन क्षमता प्रतिदिन एक करोड बीस लाख मिलियन मीट्रिक टन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर है

पठन पाठन सामान्य रूप से होने लगा है अधिकारी भी विद्यालयों का निरीक्षण कर रहे हैं सभी स्कूलों मे कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है

मामले में एनटीपीसी प्रबंधन के अलावे जीएम डीसी डीएलओ और टंडवा अंचल अधिकारी को आरोपी बनाया गया है रैयतों का आरोप है कि उनके घरों को बगैर किसी सूचना तोड़ दिया गया था मकान तोड़ने के बाद टंडवा सीओ द्वारा मामले की जांच रिपोर्ट सौंपी गई थी दो महीने बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन द्वारा किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होने पर रैयतों ने अदालत की शरण ली है रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में सुबह से ही बादल छाये हुए हैं लेकिन लोगों को कनकनी से राहत है मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक अगले तीन दिनों तक यही स्थिति बनी रहेगी मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बादल छाने के बाद भी रांची के तापमान में किसी प्रकार की कोई गिरावट नहीं आएगी

जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ प्रभावी है इसके कारण राजस्थान में एक सर्कुलेशन बना हुआ है इसके असर के कारण रांची समेत झारखंड के अन्य हिस्सों में बादल छाए रहेंगे

विधानसभा अध्यक्ष से मुख्यमंत्री की यह शिष्टाचार भेंट थी मौके पर मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष को नव वर्ष की शुभकामनाएं दीं